उन्होंने बेटियों का सम्मान कर भारत की नारी शक्ति और उनकी उपब्धियों को सम्मान देने की बात कही है आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दीपावली के पर्व पर भारत की लक्ष्मी नामक कार्यक्रम की शुरूआत पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि पूरे देश में इसका भरपूर स्वागत हुआ है त्योहारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वो अवसर होता है जब लोगों के जीवन में नई चेतना आती है उन्होंने दीवाली के दौरान लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की चर्चा करते हुए कहा कि आज इसकी बात देशभर में हो रही है प्रधानमंत्री ने पर्व पर्यटन यानी फेस्टिवल ट्ररिज्म के विचार पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपने त्यौहारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करना चाहिए दीपावली पर देशवासियों को शुभकामनाए देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार हमें सकारात्मकता को प्रोत्साहित करने और शत्रुता की भावना को समाप्त करने की प्रार्थना के साथ इसके प्रकाश को और फैलाने का प्रयास करना चाहिए नामांकन प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में रिक्त पंचायत प्रतिनिधियों के पदों को भरने के लिए निर्वाचन की तिथियां घोषित कर दी गई हैं लाहौल स्पिति के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायक्त केके सरोच ने बताया कि जिले की ग्राम पंचायत वारपा शकोली थिरोट यूरनाथ व बरबोग में वार्ड पंचों के रिक्त पद भरें जाने है

इसके साथ ही इन ग्राम पंचायतों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है दीपावली रौशनी का पर्व दीपावली आज देश के अन्य भागों की भांति हिमाचल में भी हर्षोल्लास व ध्मधाम से मनाया जा रहा है लोगों ने एक दूसरे को मिठाईयां तोहफे व पारंपरिक व्यंजन देकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं

लोगों ने अपने घरों को विशेष रूप से सजाया है और प्रदेशभर में पारंपरिक व्यंजन बनाकर दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है बाजारों में आज खूब चहल पहल रही और लोगों ने भिठाईयों खिलौनों और तोहफों की जमकर खरीददारी की बच्चों व युवाओं में पटाखे खरीदने को लेकर भी भारी उत्साह देखा गया हालांकि विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं ने लोगों से दीपावली पर्व पर पटाखों का उपयोग ना करने या कम से कम करने की अपील की है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके

संघ के नवनिर्वाचित निदेशक मंडल के अध्यक्ष सर्दशन जस्पा ने कहा कि मंडल द्वारा सोसायटी की उन्नति के लिए ईमानदारी व पारदर्शिता से काम किया जाएगा

उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षो से सोसायटी घाटे में चल रही है इसे पटर्श पर लाने और आलू की मार्केटिंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है सेना दिवाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत उनके साथ मौजूद रहे

प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की सबसे ऊंची रणभूमि सियाचीन में भारतीय जवान न केवल सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं बल्कि वे स्वच्छ सियाचीन अभियान भी चला रहे हैं

इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहली बार ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी अप्रीय घटना को रोका जा सके पुलिस अधीक्षक ने मेले के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की है मौसम राजघानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ है और न्यूनतम तापमान में गिरावट लगातार जारी है